कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा बढ़ाने के दिये निर्देश और मुहर्रम का चांद दिखा यौम ए आशूरा तीस अगस्त को मनाया जायेगा

जल संसाधन विभाग के अनुसार गंगा और सोन नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि तथा वाल्मीकीनगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के कारण नये इलाके बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से मुंगेर और कटिहार जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के मनिहारी प्रखंड में कटाव होने से स्थिति गंभीर हो गयी है

वहीं अमदाबाद प्रखंड के खट्टी नवानीपुर पंचायत रिथत बबलाबन्ना गांव में कटाव से लगभग एक दर्जन घर नदी की तेज धारा में विलीन हो गये हैं इसी प्रखंड का रघुनाथपुर गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गया है वहीं जिले में बरंडी नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि से कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौघरी मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में गंगा नदी ने कहरा बरपाना शुरू कर दिया है

लोग अपने मवेशियों के साथ ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं सड़कॉ पर पानी आ जाने से आवागमन वायित हुआ है बरियारपुर विद्यूत प्रिड में पानी आ जाने से विद्यूत आपूर्ति बाथित होने की आरांका है वहीं शहरी खेत्र के लाल दरवाजा चौखंडी और चंडिका राक्तिपीठ स्थान चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गया है आकारवाणी समाचार के लिए मुंगेर से श्रीकृष्ण प्रसाद इधर पटना जिले में भी विभिन्न घाटों के ऊपर गंगा नदी का पानी फैल गया है गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए फरक्का बांध के सभी फाटक खोल दिये गये है जिससे जलस्तर में कमी आने की संभावना है बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वाल्मीकीनगर गंडक बराज से आज सुबह एक लाख सत्तर हजार क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया जिस कारण नदी का जलस्तर एकबार फिर बढ़ने की आशंका है अरवल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्यप्रदेश के बाणसागर बांध से सोन नदी में पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है

जिले के कलेर मेंहदिया और अरवल धाना के गांवों के सबसे अपिक प्रमावित होने की आशंका है जिला प्रशासन ने एस्तियात के तौर पर इन शेत्रों में एसडीआरएक की टीमों की तैनाती कर दी है साथ ही इन इलाकों में नाव की व्यवस्था मी की गयी है आकाशवाणी समाचार के लिए अरवल से चन्द्रभूषण कुमार उत्तर बिहार में नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ का पानी प्रभावित क्षेत्रों से निकल रहा है लेकिन स्थितियां अब भी सामान्य नहीं हुई हैं

खेतों में लगी फसल को व्यापक नुकसान हुआ रै मंदेरियो के लिए चारे की समस्या उत्पन्न हो गयी है जहां से बाढ़ का पानी निकल चुका रै वहां महामारी की आरोका से लोग मकमीत है आकाशवानी समाचार के लिए दर्भगा से मणिकांत झा इधर समस्तीपुर में भी स्थिति सामान्य होने लगी है

इस रेलखंड पर चौबीस जुलाई से ट्रेनों का परिचालन बंद है इधर गोपालगंज सारण और सिवान जिले में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गयी है गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव से प्रभावित क्षेत्रों में दोबारा बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है इधर पूरबा हवा चलने के बाद गंडक नदी के तटबंधों में तेज कटाव की आशंका जतायी जा रही है सारण जिले में तरैया मशरक मुख्य मार्ग पर पानी चढ़ जाने से आवागमन बाधित है वहीं तरैया अमनौर मुख्य पथ भी कई जगह क्षतिग्रस्त हो गयी है छपरा स्थित अमनौर ग्रिड के कंट्रोल रूम में बाढ़ का पानी जमा होने से विद्युत आपूर्ति बाधित है

मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददता ने बताया है कि बूढ़ी गंडक नदी के पानी के दबाव से सड़कों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ गया है

दूसरी तरफ कोसी नदी के जलस्तर में कमी आने से सुपौल सहरसा और मधेपुरा जिले में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य सभी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का है पटना में ग्रामीण पथों और पुलों के उद्घाटन सह शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों को सर्वे के निर्देश दिये गये हैं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब तक चालीस हजार से अधिक बसावटों को जोड़ दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाये गये कृषि अवसंरचना कोष से प्रदेश के आठ जिलों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगायी जायेगी सहकारिता विभाग ने इसके लिए संतावन पैक्स का चयन किया है साथ ही नब्बे करोड़ रूपये की राशि को मंजूरी दी गयी है सबसे अधिक पटना में पन्द्रह गया में आठ जहानाबाद मध्रबनी और बक्सर में पांच पांच कैमूर और अरवल में तीन तीन तथा पूर्वी चंपारण में चार इकाइयों की स्थापना होगी पैक्स को एक प्रतिशत ब्याज पर नाबार्ड के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा प्रदेश में कोविड उन्नीस के दो हजार चार सौ इक्यावन नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख पन्द्रह हजार दो सौ दस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन के अनुसार सबसे अधिक तीन सौ सड़सठ मामले पटना से सामने आये हैं मुजफ्फरपूर से एक सौ चौहत्तर मध्यबनी से एक सौ इकतालीस कटिहार से एक सौ दो सारण से निन्यानवे बेगूसराय से संतानवे पूर्वी चंपारण से नब्बे भागलपुर से अठहत्तर पूर्णिया से सतहत्तर और नालंदा से पैंसठ मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में अट्ठासी हजार एक सौ तिरसठ लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है जबकि इस वैश्विक महामारी से पांच सौ चौहत्तर लोगों की मौत हुई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक इक्कीस लाख सोलह हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है दो सदस्यों की कोन्द्रीय टीम ने पटना के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पीटल एनएमसीएच का दौरा किया टीम में शामिल डॉक्टर एस खान और डॉक्टर दीपेन्द्र कूमार ने अस्पताल में मरीजों को मिल रही चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली साथ ही पूर्व में आयी केन्द्रीय टीम द्वारा इंगित कमियों को दूर करने की दिशा में उठाये गये कदमों को भी टीम ने समीक्षा की अस्पताल प्रशासन के साथ बैठक में दल ने सूविधाओं को और बेहतर बनाने के संबंध में दिशा निर्देश दिये यह टीम केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजेगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोरोना के संभावित वैक्सीन कोविशील्ड के दूसरे और तीसरे चरण का परीक्षण भारत में शुरू करने की मंजूरी मिल गयी है इस संभावित टीके का पटना के राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीच्यूटआरएमआरआई समेत देश के सत्रह अस्पतालों में परीक्षण होगा पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड मरीजों की जल्द ही प्लाज्मा थेरेपी शुरू होगी अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर विद्यापति चौधरी ने बताया कि इसके लिए पटना एम्स को पत्र लिखा गया है उन्होंने बताया कि अस्पताल में कोविड मरीजों को लिए सीटी स्कैन और एक्स रे की सुविधा जल्द शुरू की जायेगी पटना के कंकड़बाग स्थित एक निजी अस्पताल को कोविड मरीज से इलाज के नाम पर छह लाख रूपये से अधिक लेने के लिए मामले में सील कर दिया गया है इस मामले में जिला प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन से जुड़े पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था इधर पटना जिला प्रशासन ने कोरोना मरीज से मनमाना शुल्क वसूलने की शिकायतों के बाद निजी अस्पतालों की जांच शुरू कर दी है औषधि विभाग की टीम ने पटना एम्स के सामने एक दवा दुकान को कोरोना की दवा रेमडेसिवीर की ब्लैक मार्केटिंग के आरोप में सील करते हुए दवा दुकानदार समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है नीति आयोग के स्वास्थ्य संबंधी मामलों के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने लोगों से कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक का पालन करने का अनुरोध किया है

पटना के फुलवारीशरीफ स्थित खानकाह ए मुजिबिया ने मुहर्रम का चांद देखे जाने का एलान किया है इक्कीस अगस्त को मुहर्रम की पहली तारीख होगी और यौम ए आशूरा तीस अगस्त को मनाया जायेगा अखंड सुहाग के प्रतीक का पर्व तीज आज पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है आज के दिन महिलाएं चौबीस घंटे का निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं तथा अपनी सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं केन्द्र सरकार ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिसमें पूरे देश में सरकारी स्कूलों का निजीकरण का दावा किया गया है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट ने कहा है कि यह खबर पूरी तरह फर्जी है और सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है वहीं दूरसंचार विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर मोबाईल टावर लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की खबर को भी पीआईबी ने पूरी तरह भ्रामक बताया है एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि द्रसंचार विभाग इस तरह का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है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 हिन्दुस्तान ने लिखा है स्वच्छता सर्वेक्षण देश के सैंतालीस बड़े शहरों में पटना सबसे गंदा छावनी क्षेत्रों में दानापुर भी अंतिम स्थान पर दैनिक भास्कर की सूर्खी है राजद के तीन विधायक जदयू में मांझी ने भी महागठबंधन छोड़ा प्रभात खबर ने लिखा है निजी अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज की दर तय अड़तालीस सौ से अठारह हजार रूपये प्रतिदिन के खर्च पर करना होगा इलाज दैनिक जागरण की सुर्खी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाती में उकेड़ा धोनी का व्यक्तित्व पूर्व भारतीय कप्तान को बताया नये भारत की भावना का उदाहरण दैनिक आज ने लिखा है एक सितम्बर से हवाई सफर महंगा होगा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है विश्वविद्यालयों की लंबित परीक्षाओं के संचालन को हरी झंडी और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर

कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा बढ़ाने के दिये निर्देश और मुहर्रम का चांद दिखा यौम ए आशूरा तीस अगस्त को मनाया जायेगा